रिजर्व बैंक ने आज मुंबई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चाल वित्त वर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकतानुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तरलता और आसान वित्तीय शर्तो के लिए बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त करने के उददेश्य से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है बैंक ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक सकारात्मक दौर में प्रवेश करने की संभावना है

इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाईन पेयजल कनेक्शन के एप को भी लॉन्च किया

विभिन्न मतदान दल आज मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए दल के सदस्यों ने कोरोना एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखा जालौर जिले की जसवंतपुरा और सांचौर पंचायत समिति में भी चुनाव कराने के लिए आज मतदान दल रवाना हुए

राज्य में पिछले एक सप्ताह से रोजाना दो हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं

ब्रंदी जिले में जिला कलेक्टर ने स्याणा काका कार्टून सीरिज जारी की है अब इस कार्टून के जरिये रोजाना मास्क पहनने सामाजिक दूरी बनाने और कोरोना से बचाव के अन्य उपाय के बारे में बताया जा रहा है

सुबह बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंचे हालांकि इस बीच श्रद्वालुओं को कोरोना एडवाजरी का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है

केन्द्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर दुनिया के सबसे बड़े इंडियन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बधाई दी है